रायपुर और बिलासपुर जिले में आज रात से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा कल से खुलेंगी दुकानें बीजापुर जिले में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया गरियाबंद जिले में करंट लगने से आज फिर एक हाथी की मौत

इनमें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक तथा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक शामिल हैं इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना और किसानों की आय बढ़ाना है नए विघेयक में किसी भी उपज के लिए बोआई से पहले समझौता करने का प्रावधान है इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा और किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे नए कानून का उद्देश्य किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति मण्डी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि विधेयक के राजनीतिकरण के लिए कांग्रेस की आलोचना की है श्री जावड़ेकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है और सुधार की पहल पर राजनीति कर रही है उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस की इस साजिश को समझेंगे और इसमें शामिल नहीं होंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन सुधारों का आश्वासन कांग्रेस ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कृषि सुधार संबंधी विघेयकों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने और इसे लेकर कोर्ट जाने की बात कहकर प्रदेश कांग्रेस ने अपने संविधान किसान और मजदूर विरोधी होने का परिचय दिया है कृषि विधेयक पैदल मार्च उधर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि देश में कृषि विधेयक के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा मण्डी की व्यवस्था भी बंद नहीं होगी उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक को लेकर कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है और किसान विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए विधेयक का विरोध कर रही है दूसरी ओर कृषि सुधार विधेयक के विरोध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी कल रायपुर में राजीव भवन से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे इसके बाद राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा जाएगा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार ने संसद में बिना चर्चा और पूर्व परामर्श के इन विधेयकों को पारित करा लिया है जिसका दुष्परिणाम किसान और आम उपमोक्ताओं पर पड़ेगा इस बीच राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत धान खरीद के लिए तीन राज्यों को उन्नीस हजार चार सौ चवालीस करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर कर दी है ये राज्य छत्तीसगढ़ हरियाणा और तेलंगाना है कृषि मंत्रालय ने बताया है कि यह राशि राज्यों और राज्य विपणन महासंघों को धान की खरीद समय पर करने के लिए मंजूर की गई है छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक नौ हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं लॉकडाउन रायपुर और बिलासपुर जिले में बीते बाईस सितंबर से लागू लॉकडाउन आज रात बारह बजे खत्म हो जाएगा राज्य सरकार ने अब इन जिलों में लॉकडाउन की अवधि आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है इस निर्णय के बाद रायपुर और बिलासपुर जिला कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं आदेश के मुताबिक राजधानी रायपुर सहित पूरे जिले में कल उनतीस सितंबर से सभी दुकानें खुल जाएंगी इसके लिए सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है सभी कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि में संचालित होंगे वहीं व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन कोई भी दुकान या व्यावसायिक संस्थान रात आठ बजे के बाद नहीं खुलेंगे पेट्रोल पम्प और मेडिकल दुकानें निर्धारित समय पर ही खुलेंगी रेस्टॉरेंट और होटल संचालन के साथ ही टेक अवे या होम डिलीवरी की अनुमति रात दस बजे तक होगी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव और संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क और समय समय पर हाथ धोना तथा सैनिटाईज करना अधिक कारगर है कोरोना प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी उल्लेखनीय है कि रायपुर और बिलासपुर के अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी इस समय लॉकडाउन प्रभावशील है मुठमेड़ आत्मसमर्पण बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है यह मुठभेड़ आज सुबह गंगालूर थाना क्षेत्र में स्थित हीरानार पेद्दापाल के जंगलों में हुई

इधर राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा के पंडरीपानी जंगल में समुंदपानी और साल्हेवारा के बीच निर्माणाधीन सड़क पर सुरक्षा बलों ने पांच किलो का विस्फोटक बरामद किया है बाद में बम निरोधक दस्ते ने इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया

गरियाबंद जिले में आज एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में बाईस हाथियों का दल विचरण कर रहा था वहां लगा बिजली के एक तार से टकराने से हाथी की मौत हो गई उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र में भी एक मादा हाथी की मौत करंट लगने से हुई थी वहीं बीते तेईस सितंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में भी एक हाथी की मौत करंट की चपेट में आने से हो गई थी इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाथियों की मौत के मामले में कहा है कि राज्य सरकार वन्यप्राणियों की रक्षा को लेकर गंभीर नहीं है पिछले तीन माह के भीतर करीब एक दर्जन हाथियों की मौत करंट लगने या अन्य कारणों से हुई है उन्होंने सरकार से वन्यप्राणियों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है पीएम आवास योजना राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के गरीब परिवारों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलेंगे इस योजना के तहत रेवाडीह पेण्ड्री लखौली और मोहारा में आवास बनाया गया है इन आवासों का आवंटन पांच अक्टूबर को लॉटरी के जरिये किया जाएगा अधिकारियों ने बताया कि तालाब और सड़क के किनारे अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले परिवारों को इन आवासों में विस्थापित किया जाएगा इसी तरह मोर आवास मोर चिन्हारी के तहत विभिन्न वार्डो में आवास का निर्माण किया जा रहा है जिन्हें पात्र हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा वहीं कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के वनांचल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासों का निर्माण किया जा रहा है जिला पंचायत सीईओ ने इन निर्माणाधीन आवासों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया बोड़ला विकासखंड की सोलह ग्राम पंचायतों में तीन सौ इकतीस आवासों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा नहीं करने और अनियमितता का शिकायत प्राप्त हुई थी इस मामले में अटहत्तर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि स्वास्थ्य और महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कई कार्यक्रमों के जरिये प्रदेश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं श्री सिंहदेव ने कल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में कुपोषण और आंगनबाड़ी विषय पर चर्चा की इस दौरान उन्होंने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत की देखभाल के लिए मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से बताया श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में करीब साढ़े सैंतालीस हजार आंगनबाड़ी संचालित हैं इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार उपलब्ध कराने के साथ ही बच्चों की ऊंचाई वजन और पोषण स्तर की लगातार निगरानी की जाती है गर्भवती महिलाओं को भी पूरक पोषण आहार वितरित करने के साथ ही टीकाकरण और स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाती है प्रदेश में लगभग तिहत्तर हजार मितानिनें भी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कर उन्हें जरूरी दवाइयां मुहैया करा रही हैं मगत सिंह जयंती राष्ट्र आज क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को उनकी एक सौ तेरहवीं जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है वे देश की आजादी के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े और मात्र तेईस वर्ष की आयु में उन्हें राजगुरू और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्वांजलि दी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान का उल्लेख किया

इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने रेबीज से बचाव के लिए पालतू जानवरों के काटने पर घाव को तत्काल साबुन या एंटीसेप्टिक से पंद्रह से बीस मिनट तक बहते पानी से धोने की सलाह दी है स्वास्थ्य विभाग ने रेबीज से बचने के लिए घर के पालतू जानवरों कुत्ता बिल्ली या अन्य पशुओं को जरूरी टीका लगवाने भी कहा है कुत्तों को तीन महीने की उम्र में टीका लगवाना चाहिए टीके के प्रकार के अनुसार हर तीन वर्ष में इसकी एक अतिरिक्त डोज भी लगवानी चाहिए रेबीज से बचाव प्रबंधन और टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया में अट्ठाईस सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है स्वास्थ्य विभाग के पशु चिकित्सा कंसल्टेंट डॉक्टर इंद्रकुमार पटेल ने बताया कि एक बार रेबीज होने के बाद इससे बचा नहीं जा सकता रेबीज से ग्रसित मरीज के गले की नली चिपक जाती है जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है समय पर रेबीज का इलाज नहीं कराया गया तो यह जानलेवा भी हो जाती है

मौसम छत्तीसगढ़ में अब बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं मौसम के खुलने से तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया है प्रदेश में मानसून की विदाई हफ्तेभर में होने की संभावना है वहीं अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक मानसून द्रोणिका अनियमित हो चुकी है अगले दो तीन दिनों में मध्यप्रदेश सहित देश के अन्य भागों से भी दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई होने की संभावना है संक्षिप्त समाचार राज्य शासन ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के भवन निर्माण कार्य के लिए तीन सौ बहत्तर करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है कामरेड शंकर गुहा नियोगी के शहादत दिवस पर आज जनमुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा बालोद जिले के दल्लीराजहरा में फ्लैगमार्च का आयोजन किया गया कोरिया जिले में खांडा जलाशय के फूटने से प्रभावित किसानों ने आज उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा मुंगेली जिला कलेक्टर ने शासकीय स्कूलों में प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेने के निर्देश दिए हैं बिलासपुर जिले में भी नियमितीकरण को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्यकर्भियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का निर्णय लिया है कोंडागांव जिले के मर्दापाल में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई राजधानी रायपुर के एक क्लब में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने चौदह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है वहीं पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इसके अलावा क्लब को सील कर दिया गया है दुर्ग में बायपास मार्ग पर एक कारोबारी से लूटपाट करने वाले दो आरोपियों और एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है महासमुंद जिले में बसना पुलिस ने बैरियर के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों से दस किलो गांजा बरामद किया है महासमुंद जिले के सरायपाली वन परिक्षेत्र से जंगली सुअर का शिकार करने के आरोप में चार ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है